व्हाइट हाऊस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता गैरिट मर्कइज ने कहा है कि अमरीका अजहर को आतंकवादियों की सूची में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सराहना करता है अमरीकी विदेशमंत्री माइक पोमपियो ने भी इसका स्वागत किया है और कहा है कि यह आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जीत है और दक्षिण एशिया में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अमरीका ने अजहर को दो हजार दस में विशेष रूप से घोषित वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल किया था अमरीका फ्रांस और ब्रिटेन ने पुलवामा हमले के क्छ ही दिन बाद फरवरी में अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामजद करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध समिति में पेश किया था जैश ए मोहम्मद ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी इस हमले में सीआरपीएफ के चालीस जवान शहीद हो गए थे केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अरूण जेटली ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना देश और भारतीय कूटनीति की बड़ी विजय है नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत ने सभी सामग्री प्रस्तुत करके विश्व बिरादरी को तैयार किया है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि लम्बे समय से भारत मसूद अजहर के निशाने पर रहा है और अजहर भारत के खिलाफ कई आतंकवादी हमलों में शामिल था इस अवसर पर रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पाकिस्तान को अलग थलग करने के लगातार प्रयासों और विदेश मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों का प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है प्रदेष भर में सभी पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याषी के पक्ष में रैलियां कर वोट अपील कर रहे हैं केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और षिव प्रताप षुक्ल ने बलरामपुर के श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याषी के पक्ष में एक जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र पाटी है जो स्थायी और मजबूत सरकार दे सकती है अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आज देष को मजबूत सरकार और दुढ़ इरादे वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है और यह सभी गुण श्री नरेन्द्र मोदी में मौजूद है समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेष यादव ने कौषाम्बी संसदीय क्षेत्र के बाबागंज में आयोजित एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हये कहा कि भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन की लोकप्रियता से घबरा गयी है बसपा प्रमुख मायावती ने आज एक बयान जारी कर कहा है कि कॉग्रेस और भारतीय जनता पार्टी प्रदेष में सपा बसपा गठबंधन के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा चुनाव के चार चरण समाप्त हो गए हैं प्रदेष में पांचवें चरण के चौदह संसदीय सीटों पर छह मई को छठे चरण की चौदह संसदीय सीटों पर बारह मई को और सातवे तथा अंतिम चरण की तेरह संसदीय सीटों पर उन्नीस मई को मतदान कराया जायेगा मतगणना इस महीने की तेईस तारीख को होगी सीबीएसई ने बारहवीं कक्षा के परिणाम की आज घोषणा कर दी है सी बी एस ई की अध्यक्ष अनीता करवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि अट्ठानबे दशमलव दो प्रतिशत पास छात्रों के साथ त्रिवेन्द्रम सबसे बेहतर परिणाम वाला क्षेत्र रहा चेन्नई बानबे दशमलव तिरानबे प्रतिशत और दिल्ली इक्यानबे दशमलव सतासी प्रतिशत पर रहा उन्होंने कहा कि हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा ने चार सौ निन्यानबे अंक हासिल करके टॉप किया दोनों ही छात्रायें उत्तर प्रदेष की हैं हंसिका षुक्ला गाजियाबाद की हैं जबकि करिष्मा अरोड़ा मुजफ्फरनगर की छात्रा हैं परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट सीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है इसके अलावा विद्यार्थी गूगल डॉट कॉम पर सीबीएसई टाइप कर लिंक प्राप्त कर परिणाम देख सकते हैं लगभग तेरह लाख विद्याथियों ने यह परीक्षा दी थी सप्ताह भर की तेज धूप के बाद आज प्रदेष के पूर्वी जिलों में पूरे दिन आसमान में बादल छाये रहे हालांकि यह बादल गर्मी से राहत नही दे सके भीशण गर्मी का सिलसिला आज भी जारी रहा ज्यादातर जिलों का अधिकतम तापमान चालिस डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा मौसम विभाग ने गोरखपुर सहित सभी पूर्वी जिलों में अगले चौबीस से अड़तालिस घंटे के दौरान तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बीच हल्की से मध्यम वर्शा का अनुमान जताया है